कहा समूचा देश आतंकवाद को खत्म करने के लिये हैं एकजुट

जदयू ने कहा भाजपा के साथ उसका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिये है

और प्रदेश में भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्ष से कहा है कि वह भारतीय सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना बंद करे गुजरात के जामनगर में आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश इस बात पर सहमत है कि आंतकवाद को खत्म करना ही होगा श्री मोदी ने कहा कि हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर गर्व करना चाहिए उन्होंने कहा कि आतंकी शिविरों पर हाल के हवाई हमले के समय भारत के पास राफाल विमान होते तो देश के लिए नतीजा और भी सकारात्मक होता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत शांति के प्रति वचनबद्ध है लेकिन अगर जरूरत हुई तो वह पूरी शक्ति के साथ अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करेगा श्री कोविंद आज कोयम्बटूर में वायुसेना के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेनाएं देश की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं और वायुसेना ने यह सिद्ध करके दिखा भी दिया है श्री कोविंद ने कहा कि देश ने सैन्य बलों के साहस और समर्पण भावना को हाल में देखा है वायुसेनाध्यक्ष एयरचीफ मार्शल बिरेन्दर सिंह धनोआ ने इन खबरों का खंडन किया है कि छब्बीस फरवरी को बालाकोट पर किए गए हवाई हमले में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने में सफलता नहीं मिली उन्होंने कोयम्बटूर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करने की कोशिश इसीलिए की क्योंकि भारतीय वायूसेना को अपनी कार्रवाई में सफलता मिली श्री धनोआ ने कहा कि ऐसी कार्रवाई से हताहत होने वालों की संख्या केवल सरकार ही बताएगी क्योंकि वायुसेना हताहतों की सही सही संख्या का आकलन नहीं करती वायुसेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से जबरदस्ती प्रवेश करने वाले एफ सोलह विमान पर कार्रवाई के लिए मिग इक्कीस बाइसन विमान का इस्तेमाल किया गया क्योंकि इस विमान को और बेहतर बना दिया गया है एक सवाल के जवाब में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की शारीरिक क्षमता पर यह निर्भर करेगा कि उन्हें फिर से उड़ान भरने की अनुमति दी जायेगी या नहीं वायुसेना ने आज बीकानेर से लगे पाकिस्तानी सीमा के पास एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है रक्षा सूत्रों ने बताया कि ड्रोन का मलबा पाकिस्तानी सीमा में गिरा है भारतीय वायुसेना पच्चीस फरवरी को सर्जिकल स्ट्राईक के बाद भी गुजरात के कच्छ के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मारकर गिरा चुकी है जदयू ने कहा है कि भाजपा के साथ उसका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिये है आज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पटना में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जदयू लोकसभा चुनाव में असम मणिपुर सहित पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और लक्षद्वीप में भी अपने उम्मीदवार उतारेगा उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित करना है श्री त्यागी ने कहा कि बिहार की सभी चालीस सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित किये जाने को लेकर बैठक में विशेष रूप से चर्चा हुई उन्होंने कहा कि जल्द ही उन सीटों की घोषणा की जायेगी जहां पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी श्री त्यागी ने बताया कि सीटों के चयन के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है उन्होंने कहा कि बैठक में चार राजनीतिक प्रस्ताव पारित किये गये श्री त्यागी ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान से सकुशल वापसी पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया गया है श्री त्यागी ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में तेरह प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया गया इसमें केन्द्र सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया में प्रानी पद्धति को फिर से लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की मांग की गयी है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान बारह करोड़ से अधिक यूवाओं को स्वरोजगार के लिये सात लाख करोड़ रूपये ऋण उपलब्ध कराये गये हैं आज मोतिहारी में दो दिवसीय कौशल रोजगार मेले के उद्घाटन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये जापान के साथ समझौता किया है इस समझौते के तहत तीन लाख भारतीय यूवाओं को जापान में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा समारोह को पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने भी संबोधित किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज पूर्णिया सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की विधिवत श्रूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तीन सौ पैंसठ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज को तीन सालों में पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने बताया कि यहां मेडिकल के साथ पारा मेडिकल और नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने आज पटना के हड़ताली मोड़ स्थित इंदिरा भवन में पटना मेट्रो रेल ऑफिस का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिये एक सौ इक्यानवे पदों पर नियुक्ति की जायेगी महाशिवरात्रि का त्योहार प्रे प्रदेश में भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है सूबह से ही विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि शिवालायों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है भक्तिमय गीतों और शिव स्तुति के बीच विभिन्न प्रजा समितियों द्वारा शिव विवाह और शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर मनोरम झाकियां निकाली जा रही हैं मूजफ्फरपूर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पूर्वी चंपारण के अरेराज शिव मंदिर रोहतास जिले के गूप्ताधाम भागलपुर के सुल्तानगंज मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिर और सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखी जा रही है इधर महाशिवरात्रि पर पवित्र स्नान के साथ प्रयागराज में पचपन दिवसीय कुंभ मेला सम्पन्न हो गया मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश भर में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और हल्की बारिश का पूर्वानूमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अरवल में सबसे अधिक आठ दशमलव दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं कटोरिया में एक दशमलव दो और पटना में एक मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी मुजफ्फरपुर जिले में पूलिस ने अभियान चलाकर नौ नक्सलियों को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इनमें से छह नक्सली मुजफ्फरपुर के हैं जबकि तीन वैशाली जिले के हैं इन सभी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी इधर औरंगाबाद जिले के कपूरबिगहा गांव के बाघा पूल के पास से पुलिस ने दो कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस उपाधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि दोनों इलाके में लेवी वसूला करते थे शेखप्रा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के पलट जाने से तीन महिला समेत चार मजदूरों की मौत हो गयी जबकि तीस अन्य घायल हो गये जिलाधिकारी इनायत खान ने बताया कि ट्रैक्टर पर लगभग चालीस मजदूर सवार होकर खेत में काम करने जा रहे थे तभी कुरौनी गांव के निकट ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट जाने से यह हादसा हुआ इधर बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में तीन जबकि जहानाबाद और वैशाली जिले में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है वहीं दूसरी तरफ कैमूर जिले के मोहनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसौली गांव के पास एक जीप के पलट जाने से बारह लोग घायल हो गये पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया से पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है इन सबों ने बेतिया में पिछले दिनों एक निजी बैंक में हुई पंद्रह लाख रूपये लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है प्रर्णिया जिले के टीकापटटी थाना क्षेत्र के सफहा गांव में अपराधियों ने घर घ्रसकर एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद में अपराधियों ने सतमलपुर पंचायत की उप मुखिया के पति की पीट पीटकर हत्या कर दी दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के रमौली गांव में पुलिस ने छापेमारी कर चौरानवे कार्टन शराब बरामद की है पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में आग लग जाने से कई एकड़ खेत में लगी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गयी

कहा समूचा देश आतंकवाद को खत्म करने को लिये हैं एकजुट

जदयू ने कहा भाजपा के साथ उसका गठबंधन सिर्फ बिहार के लिये है

और प्रदेश में भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार